कुल बयासी प्रत्याशी चुनावी मैदान में

लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत कल प्रदेश के पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों सुपौल खगड़िया झंझारपुर मधेपुरा और अररिया में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया जायेगा मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं इस चरण में प्रदेश के नवासी लाख से अधिक मतदाता पांच महिलाओं सहित बयासी उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे राज्य के अपर मूख्य निर्वाचन पदाधिकारी बालामुरूगन डी ने बताया है कि इन पांच लोकसभा क्षेत्रों में मतदान कर्मियों के दल मतदान कोन्द्रों पर पहुंच गये हैं उन्होंने बताया कि सभी मतदान कोन्द्रों पर अर्द्वसैनिक बल के जवानों की तैनाती की गयी है स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराने के लिए लगभग उनसठ हजार कर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है वहीं एक सौ बासठ मतदान केन्द्रों से वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गयी है किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिये पूर्णियां खगड़िया और सहरसा जिले में एक एक हेलीकॉप्टर और पटना में एक एयर एम्बुलेंस तैनात रहेगा उन्होंने बताया कि दियारा क्षेत्रों में नावों से भी गश्ती की जायेगी इधर नेपाल से लगने वाली अररिया सुपौल और झंझारपुर की सीमा को सील कर दिया गया है स्थानीय पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के जवान पूरी चौकसी बरत रहे हैं लगभग तीन हजार संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर प्रेक्षकों की तैनाती की गयी है विभिन्न इलाकों में विश्वास बहाली के लिये सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया सुरक्षा के दृष्टिकोण से नक्सल प्रभावित खगड़िया के बेलदौर अलौली और सिमरी बख्तियारपुर में सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक ही मतदान होगा वहीं अन्य क्षेत्रों में सामान्य रूप से सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक वोट डाले जायेंगे इस चरण में जिन दिग्गजों के भाग्य का फैसला होगा उनमें राजद के शरद यादव जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव जदयू के दिनेश चंद्र यादव भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह कांग्रेस की रंजीत रंजन राजद के सरफराज आलम लोजपा के महबूब अली कैसर और विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी प्रमुख हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पटना में चूनाव पर निगरानी और शिकायतों के लिये एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गयी है मतदान प्रक्रिया शुरू होने से लेकर समाप्ति तक यह काम करेगा लोग नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या शून्य छह एक दो दो दो एक पांच नौ सात आठ पर अपनी शिकायत या सूचना दर्ज करा सकते हैं इसके अलावा सीईओ बिहार एट जीमेल डॉट कॉम पर भी ई मेल के माध्यम से शिकायतें भेजी जा सकती हैं निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कल संबंधित संसदीय क्षेत्रों में सभी सरकारी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कार्यालयों में सवैतनिक अवकाश रहेगा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य ग्यारह फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर लोग मतदान कर सकेंगे आधार कार्ड पासपोर्ट ड्राईविंग लाइसेंस फोटोयुक्त बैंक पासबुक श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज सरकारी पहचान पत्र और सर्विस पहचान पत्र के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है आयोग ने स्पष्ट किया है कि फोटोयुक्त मतदाता पर्ची पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होगी तीसरे चरण में कल मधेपुरा और सुपौल संसदीय क्षेत्र में वोट डाले जायेंगे मधेप्ररा से तेरह जबकि सुपौल से अठारह प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं

इसके बाद इस चरण में लोकसभा की पांच सीटों पर बयासी उम्मीदवार चूनावी मैदान में रह गये हैं छह मई को पांचवें चरण में हाजीपुर सारण सीतामढ़ी मध्रबनी और मुजफ्फरपुर में मतदान होगा राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक तीन प्रत्याशी मध्रबनी सीट से चुनावी मैदान से हट गये हैं राजद के बागी और पूर्व केन्द्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने मध्रबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपना पर्चा वापस ले लिया वहीं सीतामढ़ी से एक प्रत्याशी ने अपना नाम वापस लिया है इस चरण में सबसे अधिक बाईस उम्मीदवार मुजफ्फरपुर में चुनावी मैदान में रह गये हैं वहीं सीतामढ़ी से बीस प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे मध्रबनी से सत्रह सारण से बारह और हाजीपुर से ग्यारह प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं सातवें और अंतिम चरण के तहत उन्नीस मई को होने वाले चूनाव के लिये अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है इस चरण के लिये प्रत्याशी उनतीस अप्रैल तक नामांकन भर सकते हैं नामांकन पत्रों की जांच तीस अप्रैल को की जायेगी और दो मई तक नाम वापस लिये जा सकते हैं इस चरण में प्रदेश के आठ संसदीय क्षेत्रों नालंदा पटना साहिब पाटिलपुत्र आरा बक्सर सासाराम काराकाट और जहानाबाद में मतदान होना है नामांकन के पहले दिन कई उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किये निवर्तमान सांसद अरूण कुमार ने राष्ट्रीय समता पार्टी सेक्यूलर प्रत्याशी और राजद विधायक सुरेन्द्र प्रसाद यादव ने महागठबंधन उम्मीदवार के रूप में जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से नामांकन भरा वहीं काराकाट संसदीय क्षेत्र से भाकपा माले प्रत्याशी और पूर्व विधायक राजाराम सिंह ने और सुशील कुमार सिंह ने बक्सर से बसपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया बेगूसराय प्रलिस ने सीपीआई प्रत्याशी कन्हैया कुमार और उनके एक सौ समर्थकों के खिलाफ रोड शो के दौरान मारपीट के मामले में जिले के गढ़पुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज की है सीपीआई प्रत्याशी और उनके समर्थकों पर ग्रामीणों के साथ मारपीट और भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ करने का आरोप है वहीं सीपीआई ने भी रविवार को इसी घटना में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को काला झंडा दिखाने और मारपीट को लेकर प्रलिस के समक्ष मामला दर्ज कराया है इधर छठे चरण के लिये आज पचपन प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चे दाखिल किये गये सीवान से राजद प्रत्याशी हिना शहाब ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया भाकपा माले के अमरनाथ यादव ने भी इसी सीट से अपना नामांकन दाखिल किया इधर भाजपा उम्मीदवार और निवर्तमान सांसद जर्नादन सिंह सिग्रीवाल ने महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से अपना पर्चा भरा गोपालगंज से राजद के सुरेन्द्र राम महंत बसपा के कुणाल किशोर विवेक और शिवहर से बसपा के मुकेश कुमार झा ने नामांकन दाखिल किया इस चरण में आठ सीटों वाल्मिकीनगर पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण शिवहर वैशाली गोपालगंज सीवान और महाराजगंज पर बारह मई को मतदान होगा आठों सीटों पर नामांकन दाखिल करने की कल अंतिम तारीख है चौथे से लेकर सातवें चरण तक के लिये विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में चूनाव प्रचार तेजी से चल रहा है जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय के बखरी में एनडीए प्रत्याशी गिरिराज सिंह के समर्थन में चूनावी सभा को संबोधित किया मूंगेर संसदीय क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी जदयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के पक्ष में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने रोड शो किया वहीं बेगूसराय में राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने महागठबंधन के प्रत्याशी तनवीर हसन के पक्ष में बछवाड़ा में चूनावी सभा को संबोधित किया इधर बेगूसराय से सीपीआई प्रत्याशी कन्हैया कुमार के पक्ष में जाने माने अभिनेता प्रकाश राज ने चुनाव प्रचार किया पटना साहिब क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने जनसंपर्क अभियान के तहत पटना उच्च न्यायालयों के वकीलों से संवाद किया भाजपा के वरिष्ठ नेता राधामोहन सिंह ने मोतिहारी के कल्याणपुर में चुनाव प्रचार किया मौसम विभाग ने अगले तीन से चार घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण गोपालगंज जमुई और बांका में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की बारिश के दौरान बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गयी है

कुल बयासी प्रत्याशी चुनावी मैदान में